शासन ने आपदा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किये नवाचार केन्द्र शुभारंभ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने नई सोच को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत सामुदायिक नवाचार केन्द्र का शुभारंभ किया इस पहल से नये प्रयोग करने की सोच को प्रोत्साहन मिलेगा

उन्होंने नीति आयोग से स्थानीय स्तर पर नई सोच को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में नवाचार केन्द्र खोलने का आग्रह किया नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्र की शुरूआत कमजोर बुनियादी ढांचा वाले चार सौ चौरासी पिछड़े जिलों पर ध्यान केंदित करने के लिए की गई है व्यापारी बोर्ड अधिसूचना केन्द्र सरकार ने घरेलू व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और हितों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इसके लिये गजट अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में एक गैर सरकारी अध्यक्ष और पांच सदस्यों के अलावा व्यापार संघो के दस प्रतिनिधि भी शामिल होंगे इन सभी का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा राजभवन अवलोकन मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन को आम नागरिकों के लिए खुला रखने की व्यवस्था को यथावत जारी रखने के निर्देश दिये हैं श्री टंडन कल राजभवन में अधिकारियों से व्यवस्थाओं संबंधी चर्चा कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा और सहूलियत के अनुसार व्यवस्थाएँ की जायें

सप्ताह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों और आंगनवाडियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इसके अलावा रैलियों परिचर्चा और अन्य प्रचार गतिविधियों के जरिये लोगों को मां के दूध का महत्व समझाया जायेगा बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर कल नगरपालिका के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है खंडवा अशोकनगर और शिवपुरी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे कमलनाथ रोजगार मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कौशल विकास प्रशिक्षण तभी सफल है जब प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिले या युवा स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें मुख्यमंत्री श्री नाथ ने आज भोपाल में कौशल विकास एवं रोजगार प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योगों के जरूरतों के अनुरूप होना चाहिये

आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस निर्णय से निर्माताओं और आयातकों को उर्वरक और उसके उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ठेके को अंतिम रूप देने और किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी उच्चतम न्यायालय उन्नाव उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन्नाव द्वष्कर्म पीड़िता के साथ हई सड़क दुर्घटना के बारे में स्थिति रिपोर्ट कल तक देने को कहा है न्यायालय ने अपने सेक्रेटरी जनरल से भी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर पीड़िता द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ इस मामले पर कल सुनवाई करेगी पीठ में न्यायमूर्ति न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश अनिरूद्व बोस शामिल हैं इस पीठ ने उन अखबारों की आलोचना की है जिन्होंने यह खबर छापी है कि पीड़िता द्वारा प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की पत्र में पीड़िता ने परिवार के साथ साथ अपनी जान को आरोपियों से खतरा बताया था और आरोपियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी पीड़िता और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखे गए इस पत्र की एक प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजी गई थी उधर सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सड़क दुर्घटना मामले में भाजपा के निलम्बित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और दस अन्य पर हत्या का मामले दर्ज किया है

उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी अभाव और शोषण के खिलाफ आवाज मुखर की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचन्द की रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि उनकी कहानियां समाज के कड़वे सच को उजागर करती हैं और उनमें निहित संदेश आज भी प्रासंगिक हैं बैडमिंटन भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत ने थाइलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरूष सिंगल्स के पहले दौर में चीन के रेन पेंग बो को हरा दिया दूसरे दौर में उनका मुकाबला थाइलैंड के खोशित फेतप्रदाब से होगा महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल पहले दौर में थाइलैंड की पित्तायापोर्न चाइवान से खेलेंगी मिक्स्ड डबल्स में सात्विक साईराज और अश्विनी पोनप्पा ने पहले दौर में ओलिम्पिक रजत पदक विजेता चान पेंग सून और गो लियू यिंग की जोड़ी पर शानदार जीत दर्ज की

मौसम केन्द्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि पूर्वी मध्यप्रदेश और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है द्रोणिका के बाड़मेर चितौड़गढ़ विदिशा पूर्वी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है वहीं चार अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिसके चलते अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है राजधानी भोपाल में भी कल देर रात से लगातार कर बारिश का दौर जारी है भारी वर्षा के चलते विदिशा और रायसेन जिलों के कुछ क्षेत्रों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है भारी वर्षा से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों में आपदा प्रबंधन के इंतजाम किये गये हैं

इस परीक्षा में साढे तीन लाख से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं